न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक पांच एकड़ भूमि आवंटित करें एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में करीब एक सदी पुराने विवाद का निपटारा कर दिया एक हजार से अधिक पृष्ठों के अपने फैसले में अदालत ने कहा है कि हिन्दुओ के इस विश्वास को लेकर कोई विवाद नही है कि भगवान राम के जन्म ध्वस्त ढांचे के स्थान पर हुआ था अदालत ने आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट का गठन किया जाए जिसे मंदिर के निर्माण के लिए भूमि सौपी जा सके न्यायमूर्ति एस ए बोबडे डी वाई चन्द्रचूड़ अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की खंड पीठ ने कहा कि विवादित दो दशमलव सात सात एकड़ भूमि का मालिकाना हक रामलला को सौंपा जाएगा जो इस मुकदमें के तीन पक्षकारों में से एक है परंतु यह भूमि केंद्र सरकार के रिसीवर के कब्जे में रहेगी

अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले को किसी की जीत या हार के रुप में नही देखा जाना चाहिए उन्होंने लोगो से शांति सद्भाव और एकता बनाए रखने की अपील की श्री मोदी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय कई कारणों से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे किसी विवाद के समाधान में कानूनी प्रक्रिया अपनाए जाने के महत्व का पता चलता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सही फक्षों को अपनी बात कहने और दलीले देने के लिए पर्याप्त समय और अवसर प्रदान किया गया रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने न्यायालय के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि हम सभी को विनम्रता से इसे स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस ने मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इस फैसले से न केवल मंदिर का निर्माण का रास्ता खुला है बल्कि इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों का मार्ग अवरुद्ध भी हुआ है

इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर विधायक न्यामर कारबाक और स्थानीय विधायक गोकर बासार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे छठवें इंडिजिनस यूथ फेस्टिवल में राज्य भर के यूवा स्थानीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे है इसके तहत बासार क्षेत्र में स्थानीय लोगों की कला संस्कृति और परंपरा को संरक्षित रखने के महत्व पर जनजागरुकता के लिए एक रैली भी निकाली गई अपने संबोधन में राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा कि प्रदेश की मूल जानजातीय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि करतारपुर गलियारे और एकीकृत जांच चौकी के खुलने से दुगनी खुशी मिली है वे आज करतारपुर गलियारे के उद्घाटन के बाद गूरदासपुर में डेरा बाबा नामक पर श्रद्धांलुओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारे के खुलने के बाद दरबार साहिब गुरुद्वारा पर मत्था टेकना सरल हो जायेगा राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स ने कहा है कि युवाओ में बढ़ते मादक पदार्थों की लत राज्य के विकास के लिए चुनौती है उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार और समाज के सभी वर्गों को मिलजुल कर काम करना होगा कल ईटानगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री फेलिक्स ने कहा कि पुलिस ने मादक पदार्थो की तस्करी पर नियंत्रण के लिए ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए उनके कौशल विकास और सही मार्गदर्शन पर जोर दिया

कल ईटानगर एसडीपीओ कार्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिस कर्मियों से सरकार और नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का आह्वान किया

इसके तहत संगठन के सदस्यों ने परिसर में झाड़ियों की सफाई की और गंगा लेक के किनारे पड़े हुए कचरे और पर्यटकों स्थल की भूमि का अतिक्रमण न करने और पर्यटको के अनुकूल वातावरण बनाने की अपील की